मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों से प्रदेश वापस आ रहे प्रवासी कामगारों के लिए स्थापित क्वारंटीन सेन्टर आश्रय स्थलों तथा कम्युनिटी किचन की व्यवस्थाओं में सम्बन्धित जिलाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए सभी पचहत्तर जनपदों में आईएएस तथा वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए हैं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि ये अधिकारी सम्बन्धित मण्डलायुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे श्री अवस्थी ने बताया कि राशन कार्ड की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना का लाभ उठाकर विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों ने खाद्यान्न प्राप्त किया है अब प्रदेश के राशन कार्डधारक किसी भी जनपद की किसी भी दुकान से राशन खरीद सकेंगे मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन सेन्टर तथा शेल्टर होम में लोगों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं बच्चों के टीकाकरण कार्य र्स जुड़े पैरामेडिकल स्टाफ को मास्क ग्लव्स तथा सेनिटाइजर का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है देश में कल कोविड नाइन्टीन के दो हजार पांच सौ तिरपन नये मामले सामने आने के साथ ही कोरोना के क्ल मरीजों की संख्या बयालीस हजार पांच सौ तिरपन हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है कुल ग्यारह हजार सात सौ छः लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में एक हजार चौहत्तर लोग बीमारी से ठीक हुए एक दिन में स्वस्थ होने वालों की यह रिकॉर्ड संख्या है इसी के साथ देश में कोविड नाइन्टीन के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर सत्ताईस दशमलव पांच दो प्रतिशत हो गई है अधिकारी ने यह भी बताया कि अब हमें कुछ नई आदतें अपनानी होंगी जिनमें सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना और शरीर को ढक कर रखना अनिवार्य होगा और संक्रमण वाले इलाकों के बाहर भी एहतियाती कदम उठाने होंगे उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में चरणबद्व तरीके से ढील दी जा रही है लेकिन संक्रमण मुक्ति के उपायों का पूरी तरह पालन करना होगा उपचार प्रबंधन को क्शल बनाना होगा और संक्रमण निवारण तथा नियंत्रण को जारी रखना होगा अधिकारी के अनुसार यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सुरक्षित दूरी का पालन न करने से प्रतिबंधों में भी ढील देने पर तेजी से संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है ऐसी रिथित से बचने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें और दिशा निर्देशों का पालन करें उन्होंने कहा कि अब कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी होने की दर बढ़कर बारह दिन हो गई है जो लॉकडाउन से पहले लगभग साढ़े तीन दिन थी अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन और संक्रमण रोकने के लिए किए गए अन्य प्रयासों के परिणाम सकारात्मक रहे हैं लेकिन अब अगली चुनौती यह है कि संक्रमण की दर दोगुनी होने की अवधि को बढाया जा सके पूर्णबन्दी के कारण देश के अन्य हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को प्रदेश वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने जनसुनवाई पोर्टल शुरू किया है प्रदेश का कोई भी नागरिक या प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के निवासी जनसुनवाई डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट आई एन पर पंजीकरण करा सकते हैं पंजीकरण कराने वाले लोगों को सरकार उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी पंजीकरण की यह सुविधा आज दोपहर से जनसुनवाई पोर्टल के मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगी आवेदन करने वालों को अपना पूरा विवरण देना होगा कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदक के खिलाफ महामारी अधिनियम या आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण से निपटने में देश का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है उन्होंने कहा कि दुनियाभर के लोगों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी पृष्टि की है एक निजी टीवी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपायों से देश को तीसरे स्तर के संक्रमण से बचा लिया गया है उन्होंने कहा कि अब तक दस लाख लोगों पर कोरोना का टेस्ट किया जा चुका है और सरकार बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इस काम को अंजाम दे रही है देश में एक सौ तीस हॉटसॉट जिले हैं और सरकार की प्रतिदिन एक लाख सैंपल जांच करने की योजना है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के एक सौ इक्कीस नए मामले सामने आए जिसके बाद राज्य में कोविड नाइन्टीन संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़कर दो हजार सात सौ छियासठ हो गई है आठ सौ दो मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं और बीमारी से पचास लोगों की मृत्यु हुई है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार नौ सौ चौदह है प्रदेश में कल सबसे अधिक बत्तीस नए मामलों की पुष्टि आगरा में हुई यहां सबसे अधिक छः सौ अट्ठाईस रोगी हैं जिले में एक सौ तेरह लोग स्वस्थ हो चुके हैं और चौदह की मृत्यु हुई है जनपद में फिलहाल पांच सौ एक सक्रिय मामले हैं कानपुर नगर में कल दस लोगों में संक्रमण मिला जिसके बाद यहां मरीजों की संख्या बढ़कर दो सौ छियासठ हो गई है लखनऊ में कोरोना संक्रमितों की संख्या दो सौ छब्बीस बनी हयी है कोविड नाइन्टीन से सबसे अधिक संक्रमित जिलों में शामिल सहारनपुर में दो सौ पांच मरीज हैं इसके अलावा गौतमबद्द नगर में एक सौ अस्सी फिरोजाबाद में एक सौ अटठावन मेरठ में एक सौ उन्तालीस मुरादाबाद में एक सौ सोलह और गाजियाबाद में चौरानबे संक्रमित हैं लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे कामगारों और श्रमिकों को लाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष रेलगाड़ियों का प्रबंध किया है अब तक पचास हजार से अधिक प्रवासी श्रमिक और विद्यार्थी विशेष रेलगाड़ियों से अपने गृह जनपद पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र से पिछले दिनों में दो हजार से अधिक प्रवासी मजदूरों को लेकर दो रेलगाड़ियां गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहंची पहली रेलगाड़ी रविवार रात करीब डेढ़ बजे आयी इसमें ग्यारह सौ से अधिक श्रमिक थे दूसरी रेलगाड़ी सोमवार सुबह करीब पांच बजे पहंची सभी प्रवासी कामगारों के स्वास्थ्य की जांच की गयी और उनके नाम मोबाइल नंबर और पता दर्ज करते हुए बसों द्वारा उनके गृह जनपद भेजा गया जहां घर पहुंचने से पहले उन्हें चौदह दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा पिछले दो दिनों के दौरान कई रेलगाड़ियां प्रवासी मजदूरों को लेकर लखनऊ कानपुर और गोरखपुर पहुंची हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक केरल और पंजाब सहित अन्य प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए विशेष रेलगाड़ियों का इन्तजाम किया है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल ऑनलाइन बिक्री के पोर्टल पर द सरस कलेक्शन की शुरूआत की इसमें स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सहायता समूहों को केन्द्र और राज्य सरकारों के खरीदारों के साथ जोड़ना है यह ई बाजार और दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अनूठी पहल है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष के लिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है

सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा इकत्तीस मई को आयोजित की जानी थी केन्द्र सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर तीस जून कर दी है देश में एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में योगदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की स्थापना की है पुरस्कार की विस्तृत जानकारी नेशनल यूनिटी अवॉर्ड्स डॉट एमएचए डॉट जीओवी डॉट आई एन पर उपलब्ध है केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों का खंडन किया है कि सरकार ने जीएसटी की वापसी के अनुरोध को ऑनलाइन निपटाने की प्रक्रिया शुरू की है बोर्ड ने इस तरह की खबरों को फर्जी बताते हुए कहा है कि करदाता इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक न करें प्रदेश के अनेक हिस्सों में पिछले दो दिनों के दौरान आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि के समाचार हैं गोरखपुर वाराणसी चन्दौली जौनपुर आजमगढ़ चित्रकूट कानपुर और कौशाम्बी सहित राज्य के कई जनपदों में कल रात से तेज हवाओं के साथ रूक रूक कर वर्षा हो रही है राजधानी लखनऊ में भी कल दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली तथा धूल भरी आंधी के साथ हुई बारिश ने तापमान को काफी घटा दिया